कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखॊं हाईकोर्ट ऑन कोरोना उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि कि क्म्भ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को अपनी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक होगा जिन लोगों को कोविड की दो बार वैक्सीन लग चुकी है वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ लायेंगे

हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार और कृंभ मेलाधिकारी को निर्देश जारी किये हैं

क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिये हाईकोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों दवारा दिये गए सुझावों पर भी विचार करने को कहा है

इसमें होली शब ए बारात बिह ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बडी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है अपर सचिव आरती आहजा ने कहा कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कडाई से पालन नहीं करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है एसएससी रक्षा मंत्रालय ने सेना के सेवानिवृत्त शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी अधिकारियों को स्वीकृत सैन्य रेंक उपयोग करने की अन्मति देने का फैसला किया है अब तक सेवा की शर्ते और अवधि पूरी करने के बाद भी ऐसे अधिकारियों को रैंक उपयोग करने की अन्मति नहीं थी स्थाई कमीशन अधिकारियों को समान सेवा में ऐसे रेंक उपयोग करने की अन्मति होती है मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से सेवानिवृत्त एसएससी अधिकारियों का असंतोष दूर होगा और य्वाओं को इस सेवा में आने को प्रोत्साहन मिलेगा अनिल बलनी रक्षा मंत्रालय ने लैंसडाउन छावनी क्षेत्र में लगने वाले डॉप्लर रडार के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने यह जानकारी दी है सेना के नियमों और सुरक्षा मानकों के कारण यह कार्य लंबे समय से अटका हआ था लैंसडाउन में डॉप्लर रडार की स्थापना से रुद्दप्रयाग चमोली और पौड़ी क्षेत्र के मौसम के पूर्वान्मान में बड़ी मदद मिलेगी टिहरी जिले के स्रकंडा और नैनीताल जिले के म्क्तेश्वर में दो अन्य डॉपलर रडार की स्थापना प्रगति पर है

रिटर्निंग ऑफिसर राहल शाह ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि आज किसी भी अभ्यर्थी ने उप चूनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया इस बीच सल्ट विधानसभा उप निर्वाचन को शान्तिपूर्ण और निष्पक्ष ांग से सम्पन्न कराने के लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया

आशा सम्मेलन चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिलास्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया सम्मेलन में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सराहनीय कार्य करने वाली आशा वर्करों आशा फैसिलिटेटर और आशा ब्लाक समन्वयक को सम्मानित किया जिलाधिकारी ने कहा कि आशा वर्कर स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहंचाने में अहम भुमिका निभा रही हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं नियमित टीकाकरण जननी स्रक्षा योजना और मातृ एवं शिश् मृत्य् दर कम करने में भी आशाकर्मियों की अहम भूमिका है जिलाधिकारी ने कहा कि चमोली की दर्गम परिस्थितियों के बीच मुश्किलों का सामना करते हए सभी आशा वर्करों ने कोविड महामारी की रोकथाम में भी बेहतर कार्य किया है और अब कोविड वैक्सीनेशन में भी जिले में अच्छा कार्य चल रहा है

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए वितीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है कोरोना पाजिटिव होने के बाद म्ख्यमंत्री बीजाप्र सेफ हाउस से आइसोलेशन में रहते हुए वर्च्अली शासकीय कामकाज कर रहे हैं म्ख्यमंत्री ने विश्व मौसम विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित बैठक में वर्चअली प्रतिभाग किया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की मौसम की पूर्व चेतावनी सम्बन्धित परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को निजी व्यक्तियों या संस्थाओं दवारा अंगीकृत करते हुए इनका बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है विरासत के अंगीकरण परियोजना के अन्तर्गत राज्य के महत्वपूर्ण विरासत स्थलों गरतांग गली नीलांग वैली पिथौरागढ़ किला चायशीलबगांण क्षेत्र चौरासी कृटिया सती घाट नारायणकोटी मन्दिर समेत अन्य स्थलों चयन का किया गया था इसके अन्तगर्त सातवें फेज में विशेषज्ञ समिति ने नारायणकोटि मन्दिर का चयन किया है गन्ना मंत्री दौरा गन्ना विकास और चीनी उदयोग राज्यमंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है कि बकाया गन्ना भुगतान घटतौली और गन्ना पर्चियों पर धांधली नहीं होनी दी जाएगी यदि मिल प्रबंधन और अधिकारी समय पर काम नहीं करते है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी रूड़की पहंचे राज्य मंत्री ने कहा कि किसानो की समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता है और किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि बिचौलिओं को हटाया जाएगा और किसानों का मिल मालिक और मिल प्रबंधन से सीधा संबंध रहेगा

आज विश्व क्षय रोग दिवस पर उन्होंने क्षय रोग के संबंध में जनता को जागरूक करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि टीबी रोग के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव है उन्होंने कहा कि देश में टीबी फैलने का म्ख्य कारण इस बीमारी के प्रति लोगों का सचेत न होना और इसे शुरूआती दौर में गंभीरता से न लेना है उन्होंने कहा कि टीबी किसी को भी हो सकता है लेकिन नियमित दवा के सेवन से यह ठीक भी हो जाता है उन्होंने प्रदेशवासियों से अन्रोध किया कि इस बीमारी के प्रति जागरूक हों और अन्य लोगों को भी जागरूक करें ताकि इसे जड़ से खत्म किया जा सके क्षय रोग दिवस कार्यक्रम विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर चम्पावत जिले के टीबी हॉस्पिटल में गोष्ठी का आयोजन किया गया

विश्व क्षय रोग दिवस पर टिहरी में भी कार्यक्रम आयोजित हए

इसके लिए विशेष कार्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम सम्भावित टीबी संक्रमित मरीजों के घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है

चमोली जिले के गोपेश्वर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस दौरान आम जनमानस तक नुक्कइ नाटकों के माध्यम से टीबी हारेगा देश जीतेगा का जागरूकता संदेश पहंचाने का प्रयास किया गया अल्मोडा होली अल्मोड़ा जिले में आज से होली का उत्सव शुरू हो गया है जागेश्वर धाम में ग्रामीणों और मन्दिर प्रबन्धन समिति ने होली गायन किया मां नन्दा देवी मंदिर में महिलाओं ने देव होली गायन किया अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद में भी होलीकोत्सव का हुआ होल्यारों ने शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठकी होली गायन किया पशु प्रदर्शनी राष्ट्रीय पश्धन मिशन के तहत आज बागेश्वर के बिलौना में आयोजित पश् प्रदर्शनी में किसानों को पश्पालन के बारे में जागरूक करने के साथ ही उनकी आजीविका बढ़ाने के संबंध में जानकारी दी गई मुख्य पश् चिकित्साधिकारी डॉ उदय शंकर ने ग्रामीणों को मूर्गी पालन डेयरी उद्योग जैसे व्यवसाय के बारे में बताया गया पश्पालकों को पश्ओं की बीमारियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया और दवाइयों का वितरण किया गया